प्रदेश मंत्रिमंडल ने लखनऊ और नोएडा में पुलिस आयुक्त व्यवस्था शुरू करने का फैसला किया है यह व्यवस्था आज से लागू हो गई है जो राज्य में पुलिस सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस फैसले से राज्य में कान्न व्यवस्था की स्थिति काफी बेहतर होगी यह व्यवस्था लागू होने से जिला मजिस्ट्रेट को केवल राजस्व संबंधी काम देखने होंगे और कानून व्यवस्था से जुड़े सभी फैसले पुलिस आयुक्त लेंगे लखनऊ और नोएडा स्मार्ट और सुरक्षित शहर के रूप में विकसित हो सकेंगे इसी तरह नोएडा में भी अपर प्रलिस महानिदेशक एडीजी स्तर का एक अधिकारी प्रलिस आयुक्त होगा और उनके सहयोग के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी रैंक के दो अपर पुलिस आयुक्त रहेंगे

विश्वविद्यालयों के कुलपतियों सहित दो सौ से अधिक शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर देश में बिगड़ते शैक्षिक माहौल के लिए वामपंथी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि छात्र राजनीति के नाम पर एक विध्वंसकारी कट्टर वाम एजेंडा को आगे बढ़ाया जा रहा है जेएनयू से लेकर जामिया तक एएमयू से लेकर जाधवपुर विश्वविद्यालय परिसरों में हुई हाल की घटनाएं वामपंथी कार्यकर्ताओं के एक छोटे से समूह की शरारत के कारण बदतर होते शैक्षिक माहौल के प्रति सचेत करती हैं श्री मोदी को लिखे पत्र में कहा गया है कि वामपंथी गढ़ों में हड़ताल धरना और बंद आम बात हो गई है और इस तरह की राजनीति से सबसे बुरी तरह गरीब छात्र और हाशिये पर मौजूद समुदायों के विद्यार्थी प्रभावित हो रहे हैं केंद्रीय गृहमंत्री और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून में किसी की नागरिकता छीनने की नहीं बल्कि देने की व्यवस्था है मध्य प्रदेश के जबलपुर में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि देश के अल्पसंख्यकों को यह कहकर गुमराह किया जा रहा है कि उनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी उन्होंने कहा कि भाजपा की ओर से लोगों को जागरूक करने का अभियान इसलिए चलाया गया है क्योंकि विपक्षी दल नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देशभर में लोगों को गुमराह कर रहे हैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने चन्दौली के चकिया में नागरिकता संशोधन अधिनियम पर लोगों को सम्बोधित किया और कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर इस कानून के बारे में बताने के निर्देश दिये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मेरठ में नागरिकता संशोधन कानून के बारे में जनसभा को संबोधित किया सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर आज नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि आजादी के वक्त राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दू सिख और ईसाई समुदाय के लोगों से जो वादा किया था कि उत्पीड़न की स्थिति में भारत उन्हें शरण देगा उस वादे को आज पूरा करके प्रधानमंत्री नरेन्द्र ने कानून के माध्यम से पूरा करके दिखाया है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू प्रशासन ने कहा है कि शीतकालीन सेमेस्टर के लिए हजारों छात्रों ने अपना पंजीकरण करा लिया है और कई छात्रा का पंजीकरण चल रहा है परामर्श में सभी अध्यापकों से अनुरोध किया गया है कि वे कक्षाओं में आएं और छात्रों के हित में शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लें

परामर्श में कहा गया है कि इस घोषणा से जेएनयू परिसर में स्थिति बहाल करने के प्रशासन के प्रयासों को धक्का लगेगा

सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने पिछले पांच वर्षों के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में हुई चार प्रतिशत बढ़ोतरी को लेकर चिन्ता व्यक्त की है उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के बारे में लोगों को शिक्षित किया जाना महत्वपूर्ण है वे आज नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा से जुड़े हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे मैं सबसे ज्यादा हमारे देश के हायर एजुकेशन प्राथमिक शिक्षा उच्च माध्यमिक शिक्षा इसमें सभी प्राचार्य टीचर जो हैं शिक्षक हैं उनको सबको अनुरोध करता हूं कि हमारे जो भविष्य के नागरिक हैं जो बच्चे हैं उनको अगर हम ठीक प्रकार से ट्रेनिंग देंगे और उनको इसके बारे में अगर ठीक प्रकार से अवेयरनैस तैयार करेंगे तो मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से रोड़ एक्सीडेंट में बहुत कमी आयेगी इस अवसर पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने देश में सड़क द्र्घटनाओं में कमी लाने के लिए सभी हितधारकों को समन्वय बनाकर काम करने का आह्वान किया लगभग डेढ़ लाख से अधिक लोगों की कैजुअल्टी सड़क की दुर्घटनाओं में होती है और मैं अभी नितिन जी से पूछ रहा था कि जीडीपी में कितना लॉस होता है पर ईयर उन्होंने बताया कि दू पर्सैट जीडीपी का भी लॉस इसमें होता है यह हमारे लिए छोटा चौलेंज नहीं है यह बडा चौलेंज है और केवल मंत्रालय ही इस चुनौती को स्वीकार करके इस पर विजय प्राप्त कर लेगा यह संभव नहीं है बल्कि सारे के सारे स्टेट होल्डर्स को पूर्ण मनोयोग के साथ पूरी निष्ठ के साथ इस चुनौती पर विजय प्राप्त करने के लिए लगना होगा तभी इसमें हमें कामयाबी मिल सकती है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अन्तर्गत प्रदेश में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है पीलीभीत में जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव और पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीक्षित द्वारा सड़क द्र्घटना पर आयोजित एक गोष्ठी में घायल व्यक्तियों को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने के बारे में जानकारी दी गई और पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया लखीमपुर खीरी में इस अवसर पर चालकों और परिचालकों के लिये स्वास्थ्य और नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया अमरोहा में जिलाधिकारी उमेश मिश्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई साथ ही स्कूली बच्चों के वाहनों के सत्यापन के विशेष निर्देश दिये गये लोहड़ी का त्यौहार आज प्रदेश में कई स्थानों पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है हमारे संवाददाता ने बताया है कि लोहड़ी की विशेष तैयारियां की गई हैं विशेषकर सिख समुदाय के बच्चों और बड़ों ने सुबह से पतंगबाजी की नाचगाने और ढोल की थाप में भांगड़े और गज्जक रेवड़ी मुंगफली का दौर चालू है उधर हिन्दुओं का पर्व सकट चतुर्थी भी आज हर्षोल्लास के साथ पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है पीलीभीत में हिन्दू और मुस्लिम भाइयों ने सिख समुदाय के लोगों को लोहड़ी की बधाई दी

यात्रा के दौरान बैजनाथ धाम गंगासागर जगन्नाथ मंदिर कोर्णाक मंदिर गया के विष्णूपाद मंदिर महाबौद्ध मंदिर और काशी के विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कराये जायेंगे आईआरसीटीसी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अश्वनी श्रीवास्तव ने बताया कि ट्रेन में बैठने की सुविधा बरेली मुरादाबाद और लखनऊ से उपलब्ध होगी यात्राओं की बुकिंग के लिये पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय से ब्रकिंग कराने के साथ ही ऑन लाइन ब्रुकिंग भी कराई जा सकती है प्रदेश में ठंड और कोहरे के कारण सामान्य जन जीवन प्रभावित हुआ है कोहरे के कारण रेल वायु और सड़क यातायात पर काफी असर पड़ा है कम दृश्यता के चलते सड़क द्र्घटनाओं में अचानक वृद्धि हो गई है वहीं पिछले दिनों हुई बरसात से कही कही खेतों में पानी भर जाने से फसले खराब हो गई है मौसम विभाग ने प्रदेश के छिटपुट स्थानों पर वर्षा की संभावना व्यक्त की है वहीं गुरूवार से शनिवार तक कई स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा की चेतावनी जारी की है इसके अलावा सुबह शाम घना कोहरा होने की संभावना व्यक्त की है लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों में छिटपुट ब्रंदाबांदी और घने कोहरे की संभावना व्यक्त की गई है प्रदेश मंत्रिमंडल ने आज घाघरा नदी के नाम को सरयू रखने को अपनी सहमति दे दी अयोध्या के विभिन्न साधू संतों की ओर से लगातार इस संबंध में मांग की जा रही थी कि सरयू नदी जिसे प्रदेश के कुछ हिस्सों में घाघरा नाम से भी जाना जाता है उसके सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए सभी स्थानों पर सरयू के नाम से ही जाना जाये मंत्रिमंडल ने आज इसे मंजूरी दे दी जिसके बाद सरकारी अभिलेखों में घाघरा को सरयू नदी के नाम से जाना जायेगा